सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद बताया कि इस विघेयक में देश हित को सर्वोपरि रखा गया है इसे जल्द संसद में पेश किया जाएगा आप देखेंगे कि यह बिल के प्रावधान जैसे स्पष्ट होंगे सभी लोग इसका स्वागत करेंगे क्योंकि यह राष्ट्रीय इन्टरेस्ट में है और नेचरल जस्टिस के इन्टरेस्ट में है और किसी के खिलाफ नहीं है मंत्रिमण्डल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व को आरक्षण देने वाली व्यवस्था को और दस वर्ष के लिए बढ़ाए जाने को भी मंजूरी दे दी है यह व्यवस्था अगले वर्ष पचीस जनवरी को समाप्त होने वाली थी बैठक में व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा विधेयक दो हजार उन्नीस को भी मंजूरी दी गई यह विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में महाराणा प्रताप इंटर कालेज शिक्षा परि ाद के संस्थापक समारोह कार्यकम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें अनुशासन को जीवन का आधार बनाने को कहा श्री योगी ने कहा कि अनुशासन लक्ष्य को प्राप्त करने का हौसला देता है अनुशासन ही सुदृढ़ नींव के निर्माण में मदद करता है मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जिस प्रकार एक एक बूद से घड़ा भरता है नदी और समुद्र बनता है उसी प्रकार जीवन के हर क्षण की घटना हमको प्रेरणा देती है उन्होंने विद्यार्थियों से चुनौतियों को अवसर में बदलने की कला सीखने को कहा श्री योगी ने छात्रों से कहा कि हमें ऐसे लोगों को अपना प्रेरणास्रोत बनाना चाहिए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बुलंदी प्राप्त की उन्होंने कहा कि स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक सोच इसमें आपकी मददगार होगी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कैसे विषम परिस्थितियों में भी जीवन को सरल और सुगम बनाया जा सकता है हिमाचल प्रदेश उसका बेहतरीन उदाहरण है इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थानों की स्थापना हो रही है सड़क बिजली जैसे आधारभूत ढांचे में तेजी से सुधार हो रहा है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जौनपुर में पढ़े जौनपुर कार्यक्रम के संबंध में जिले के अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस कार्यक्रम के द्वारा जिले में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी उन्होंने अधिकारियों से पढ़े जौनपुर कार्यक्रम में अधिक से अधिक बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा श्रीमती पटेल ने कहा कि अध्यापकों के साथ साथ अधिकारियों को भी बच्चों के बीच जाकर उन्हें पढाना चाहिए राज्यपाल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस कार्यक्रम में निजी विद्यालयों को भी सम्मिलित करने का निर्देश दिया इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाली राशि के समय से भुगतान के भी अधिकारियों को निर्देश दिए आज नौसेना दिवस पर देश नौसेना को नमन कर रहा है उन्नीस सौ इकहत्तर में पाकिस्तान के साथ युद्ध में नौसेना की भूमिका के सम्मान में यह दिन मनाया जाता है इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नौसेना की बहमूल्य सेवा और बलिदान से हमारा देश मजबूत और सुरक्षित है श्री मोदी ने नौसेना दिवस पर जवानों के साहस को नमन किया कल नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने देश को विश्वास दिलाया कि नोसेना राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है

पडरौना तहसील के बतरौली बड़गांव इंद्रसेनवा परसादपुर नौतन हर्दो और बरवा कला गांवों के किसानों के विरूद्ध जिला प्रशासन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है बलरामपुर के मुख्य विकास अधिकारी ने आज जनपद में संचालित केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं प्रधानमंत्री श्रमयोंगी मानधन योजना प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना और रा ट्रीय पेंशन योजना की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को इन योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिकतम लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए